प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है श्री मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने बहुपक्षवाद अतंर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रतिभा पूंजी के मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उन्होंने युवाओं में उच्च कौशल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वह भविष्य की चुनौतियों का पूरी ताकत से मुकाबला कर सके तीन दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरूआत कल से हुई श्री मोदी के अलावा अन्य ब्रिक्स देशों ब्राजील रूस चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख भी शिखर बैठक में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में करगिल विजय दिवस की उन्नीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर करगिल शहीद स्मृति वाटिका में करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता की हिफाजत करना हर एक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस भारत के शौर्य पराक्रम स्वाभिमान और सम्मान का दिवस है ये वीर सैनिक प्रेरक हैं इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है

कार्यक्रम में करगिल युद्ध और काकोरी कांड के शहीदों के परिवारीजनों को सम्मानित भी किया गया

सरकार ने कहा है कि देश का लोक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम जनहित के मुद्दों पर आधारित होते हैं लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने कहा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की तुलना निजी चनलों से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रारूप अलग अलग होते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय समाचारों की प्रसारण अवधि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल एक दिवसीय प्रवास पर इलाहाबाद में रहेंगे श्री शाह वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक व्यक्तियों से मुलाकात कर उनसे संवाद भी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

गोंडा जनपद में अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने और खनन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल ने रेत का अवैध कारोबार करने वाले हाफिज अली सहित उन्तालीस लोगों पर दो सौ बारह करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने राज्य सरकार को जुर्माना वसूल कर इसे पर्यावरण संरक्षण पर व्यय करने का निर्देश दिया है इस बारे में जिलाधिकारी प्रभांशु श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश पर प्रशासन उन्तालीस लोगों को चिन्हित कर उनकी चल अचल सम्पत्तियों को खंगाल रहा है ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ज़िले में बीते छह वर्षो के दौरान अवैध बालू खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि रेलवे लाइन के किनारे खनन की वजह से जमीनें भी धंस गई थी स्थानीय भाजपा सांसद कीर्ति वर्द्वन सिंह ने इस बारे में एनजीटी से शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव की तैयारियां उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है

बैठक के दौरान श्री राठौर ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी के एजेंडे को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठके लगातार जारी रहेंगी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की एक सौ अट्ठावन सूत्री सूची उपलब्ध कराई गई और उनसे कहा गया कि वे इन योजनाओं की जानकारी आम लोग तक पहुंचाये वर्ष दो हजार चौदह से अब तक सामाजिक कल्याण के लिए शुरू की गई इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना सुकन्या समृद्धि योजना मुद्रा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसे कार्यक्रम शामिल किये गये हैं इसी तरह पार्टी नेताओं को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सूची भी दी गई है प्रदेश के अनेक जनपदों में कल देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है बरेली मैनपुरी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर कौशाम्बी मुरादबााद जालौन आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर में बारिश से लोगों को जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है वहीं दूसरी ओर धान की रोपाई में तेजी आ गई है आगरा में तेज बारिश से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव हो गया जिससे आम जनजीवन प्रभावित है बलरामपुर में कई दिनों से हो रही बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है मुजफ्फरनगर में सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से खतौली कस्बे में रेलवे स्टेशन के करीब बिजली के खम्भे में करंट आ जाने से दो बच्चों की मौत हो गई

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है अगले आम चुनाव उप चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव में शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट उपलब्ध कराने के लिए आयोग वचनबद्ध है आयोग के अधिकारी इन मशीनों की सप्लाई पर बराबर नजर रखे हुए हैं

राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजरी दी लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है इस विधेयक में कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आरोपियों के देश छोड़कर भागने की स्थिति में उनकी सम्पतियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके जरिए भारतीय कानूनी प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई से बचकर भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे इस विधेयक में एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के अपराध करने वाले आर्थिक भगोड़ों पर कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है वित्तमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध के मामला से निपटने के लिए विशेष अदालते भी बनाई जाएंगी प्रदेश में अट्ठाईस जुलाई से शुरू हो रही सावन कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी दुकानों पर मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी यह जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनन्द कुमार ने आज सहारनपुर में एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए दो